वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज अहमदाबाद में गुजरात के ग्रमीण विकास मंत्री आरसीफलदू से मुलाकात की इस दौरान दोनों मंत्रियों ने दोनों राज्य में विभाग की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की और दोनों राज्यों में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में एक दूसरे से जानकारी हासिल की वीरेन्द्र कंवर ने गुजरात के ग्रामीण विकास मंत्री को हिमाचल आने का न्यौता दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया कोरोना वायरस ऊना जिला में कोरोना वायरस का कोई संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमण कुमार शर्मा ने आज ऊना में स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मामले को लेकर फैल रही खबर मात्र अफवाह है

ये मरीज थाईलैंड से लौटा था और सर्दी जैसे लक्षणों से घबराया हुआ था लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं पाया मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के लक्ष्ण भी स्वाईन फ्लू जैसे होते हैं

एलआईसी कर्मचारी संघ ने आज प्रदेश के अनेक स्थानों पर धरना प्रदर्शन किए और एक घंटे की हड़ताल की शिमला में संघ के उपप्रधान पंकज सूद ने बताया कि सरकार का ये कदम निगम के खिलाफ है और इस निर्णय को तुरंत लिया जाना चाहिए धर्मशाला में भी निगम के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किए धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि विकास के लिए कर्ज लेना गलत नहीं है और विपक्षी दल कांग्रेस इस मुददे पर आधारहीन बयानबाजी कर रहा है ऊना में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने भी अपने कार्यकाल में भारी कर्ज लिया था स्वां नदी तटीयकरण के मुददे पर ध्रमल ने कहा कि खनन माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबंधों में कोई खटास नहीं है और कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ऐसे मुददे उछालते रहते हैं बिजली भारी बर्फबारी के कारण किन्नौर जिले में बिजली उत्पादन में गिरावट आई है बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड के कारण पानी के स्रोत जम गए हैं और बिजली उत्पादन के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है ऐसे में काशंग जलविद्युत परियोजना में इस वर्ष जनवरी के महीने में एक दशमलव सात सात मीलियन यूनिट बिजली उत्पादन कम रहा है परियोजना के उप महाप्रबंधक एसपी चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष इस दौरान दो दशमलव नौ नौ मीलियन यूनिट बिजली उत्पादन हुआ था मौसम जनजातीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर आज एक बार फिर हल्का हिमपात हो रहा है इस बर्फबारी से लाहौल स्पिति जिले में ठंड बढ़ गई है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है